मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में काूनन व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर राजस्थान की तर्ज पर नियंत्रण केंद्र प्रणाली स्थापित करने की संभावनाएं तलाशेगी सरकार

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित स्वच्छ मोबिलिटी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का सशक्त साधन है और अर्थव्यवस्था का अहम घटक भी है नई दिल्ली में देश के पहले वैश्विक मोबिलिटी शिखर सम्मेलन मूव का उद्घाटन करते हुए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ मोबिलिटी का अर्थ है वातावरण को प्रदूषणरहित बनाना और लोगो के जीवन स्तर में सुधार लाना प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबिलिटी शहरीकरण का मुख्य कोन्द्र है और इससे आर्थिक विकास की गति तेज करने में मदद मिलती है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सार्वजनिक परिवहन सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला माध्यम हो केंद्र सरकार वाहनों के लिए स्वच्छ और कम ऊर्जा की खपत वाले वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अपने एक दिवसीय राजस्थान दौरे के दौरान आज जयपूर स्थित कमांद नियंत्रण केंद्र का दौरा किया इस दौरान उन्होंने केंद्र के अधिकारियों के साथ बातचीत की अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ये केंद्र सुचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शहर की गतिविधियों पर नज़र रखने को लेकर पुलिस विभाग के लिए स्थापित किया गया है मुख्यमंत्री ने केंद्र के कार्यों की सराहना की और राजस्थान सरकार को कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए की गई इस पहल पर बधाई दी जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की कानून व्यवस्था की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है और राज्य सरकार द्वारा इसमें और सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस तरह की प्रणाली स्थापित करने की संभावनाएं तलाशेगी मुख्यमंत्री ने बीटीएच टैक्नो हब का भी दौरा किया और उद्यमियों के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने की पहल के बारे में चर्चा की

ऊना जिला में क्टलैहड विधानसभा क्षेत्र के थाना कलां में पात्र परिवारों को बकरियां वितरण के मौके पर आज ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि सात करोड़ रूपए के बकरी पालन प्रौजेक्ट को केंद्र ने स्वीकृति दे दी है जबकि तीन करोड़ रूपए की राशि राज्य सरकार खर्च करेगी

उन्होंने कहा कि कलस्टर एपरोच के माध्यम से प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और बकरियों के वितरण के दौरान इनका एक साल का बीमा मुफ्त किया जा रहा है बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटिड बीएसएनएल ग्रामीण व दूरदराज उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है शिमला दूरसंचार जिला के महाप्रबंधक एमसीसिंह ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इसी उददेश्य से डाटा और वायस की थ्री जी सेवाओं की शुरूआत पंचायत प्रतिनिधियों से करवाई गई है उन्होंने बताया कि पंचायत प्रधान उपप्रधान और सचिव का व्हाटसऐप्प ग्रुप बनाया गया है ताकि पंचायत को बीएसएनएल द्वारा दी जा रही नई योजनाओं की जानकारी मिल सके एमसीसिंह ने बताया कि शिमला जिला के उपरी इलाकों में चोपाल ठियोग कोटखाई रामपुर और निरमंड में ये बीटीएस चलाए गए हैं उन्होंने बताया कि रिकांगपिओ में सात बीटीएस लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है

उन्होंने बताया कि जिले के कमजोर सिगनल वाले स्थानों पर इसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मेले व उत्सव प्राचीन संस्कृति की पहचान है और इन्हें संजोय रखना जरूरी है मण्डी जिला के लंबाथाच में नलवाड़ मेले के शुभारंभ अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि नलवाड़ मेला संस्कृति का एक हिस्सा है और पशुधन से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की जानकारी के उददेश्य से इसका आर्योजन होता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश की विभिन्न बड़ी परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है और हिमाचल विकास के पथ पर अग्रसर है पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आज चंबा में आंगनबाड़ी कार्यकताओं ने एक जागरूकता रैली निकाली जिसे उपायुक्त हरिकेश मीणा ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया अभियान के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को कुपोषण से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा

उधर कुल्लू जिला के बजौरा वृत्त में आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा राष्ट्रीय पोषाहार मनाया गया इस मौके स्वास्थ्य शिक्षक देवकला महंत ने केंद्र सरकार के अभियान सही पोषण देश रोशन की विस्तृत जानकादी दी विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में प्रदेश के सातवें डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण किया इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के तहत राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यकम शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत ये केंद्र खोला गया है

विपिन परमार ने कहा कि चंबा नूरपुर पालमपुर और पावंटा साहिब में भी ऐसे केंद्र खोले जाएंगे उन्होंने कहा कि अब तक इस योजना के तहत चार हजार सात सौ नो लोगों का डायलिसिस हुआ है उन्होंने अस्पताल में दो महीने के अंदर डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित करने का आश्वासन भी दिया इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला में डायलिसिस केंद्र खोलने की लोगों की पुरानी मांग पूरी हुई है उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से मैडिकल कॉलेजों पर रोगियों का दबाव कम होगा

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय ज़िले किन्नौर में भी इस योजना से कारोबारी और आम लोग लाभान्वित हो रहे हैं

किन्नौर ज़िले में अब लोग ज़्यादातर पेमेंट ऑनलाईन कर रहे हैं और बैंकों में लोगों की लाईन कम होन से बैंक कर्मियों को भी सहुलियत हुई है

निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना से लोगों को अब बैंक के चक्कर लगाने से छटकारा मिला है और घर बैठे कहीं से भी लेन देन का कार्य आसानी से कर रहे हैं संजीव सुंद्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला मौसम प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में आज हल्का हिमपात जबकि अन्य इलाकों में वर्षा होने से जनजातीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है लाहौल स्पिति जिले की उंची चोटियों पर हल्का हिमपात जबकि निचले इलाकों में वर्षा से ठंड में वृद्धि हुई है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि मौसम के बदले मिजाज से घाटी के किसान चिंतित हैं त्रिलोकनाथ के साथ लगते काली जोत से चंबा के गद्दी अपने पशुधन के साथ वापिस जा रहे हैं और उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से भेडपालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कुल्लू और मण्डी जिलों में दिन के समय वर्षा हुई है चंबा जिला में बाद दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदली और मूसलाधार बारिश हई हालांकि सुबह के समय मौसम साफ था किन्नौर जिले में रूक रूक कर हल्की वर्षा का कम जारी रहा सिरमौर जिले में भी भारी बारिश का समाचार है इधर राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में भी बाद दोपहर जोरदार बारिश हुई शिमला शहर के छोटा शिमला मल्याणा चम्याणा न्यू व ओल्ड हाउसिंग बोर्ड क्लौनी संजौली व ईंजन घर इलाकों में कल दोपहर से बिजली आपूर्ति ठप्प है जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

पावर एसोसिएशन बोनाफाईड हिमाचल पावर प्रोड्यूसर्ज एसोसिएशन ने राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी के संबंध में किए गए फैसले का स्वागत किया है एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस फैसले से छोटी पनबिजली परियोजनाओं के निवेशकों को फायदा होगा उन्होंने इस मामले पर कांग्रेस के विरोध को अनुचित करार दिया है

उन्होंने कहा कि इस फैसले से बिजली उत्पादक के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और सरकार की आय भी बढ़ेगी भाजपा महिला भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता प्रेम चौहान ने दावा किया है कि पिछले सवा चार सालों में केंद्र में पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की खोई हुई साख को दोबारा हासिल किया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी कार्यक्शलता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का लोहा मनवाने का कार्य किया और नोटबंदी व जीएसटी जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए प्रेम चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास नीतियों और नई सोच का अभाव रहा है